भारतीय जनता पार्टी की कल शाम कोर कमेटी की बैठक में राज्य में सरकार नहीं बनाने की घोषणा की गई है पार्टी ने यह निर्णय अपने सहयोगी दल शिवसेना का समर्थन नहीं मिलने को देखते हुए लिया है महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चन्द्रकांत पाटिल ने बताया कि पार्टी के इस निर्णय से राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अवगत करा दिया गया है इधर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने विधानसभा चुनाव में निर्वाचित दूसरी सबसे बड़ी पार्टी शिवसेना को राज्य में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है माना जा रहा है कि शिवसेना कांग्रेस और एनपीसी के सहयोग से सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है इस संबंध में एनसीपी कौर कमेटी की आज मुम्बई में बैठक होगी दूसरी ओर कोन्द्र में शिवसेना के एकमात्र मंत्री अरविंद सांवत के भी इस्तीफे दिये जाने की अटकले तेज हो गई है

मुंबई से जयपुर आए कांग्रेस विधायकों को दिल्ली रोड स्थित एक रिसोर्ट में ठहराया गया है जहां कल शाम उच्च स्तरीय बैठक हुई बैठक में विधायक दल के नेता के चुनाव और अन्य मसलों पर चर्चा हुई

प्रत्याशी घर घर जाकर मतदाताओं से सम्पर्क कर रहे है प्रशासन की ओर से निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए विभिन्न इंतजाम किए जा रहे हैं मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केन्द्रों पर भी खास प्रबंध किए जा रहे है पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टी एन शेषन का कल चेन्नई में लम्बी बीमारी के बाद निधन हो गया

शेषन को उनके बेबाक तेवरों और कठोर निर्णयों के कारण जाना जाता है टी एन शेषन के कार्यकाल के दौरान ही देश में वोटर आईडी की शुरूआत हुई थी प्रदेश के अधिकांश भागो में इंटरनेट सेवा आज फिर से बहाल हो गई है अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद साम्प्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा दी गई थी इधर स्कूल कॉलेज भी आज सामान्य रूप से खुल गये है इस बीच फैसले के बाद राज्यभर में शांति और सौहार्द बना हुआ है कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है

तीन दिवसीय आयोजनों की कडी में आज नगर कीर्तन के साथ रागी जत्थों द्वारा गुरूवाणी और संगत के आयोजन हो रहे है कल गुरूनानक जयंती मनाई जायेगी